मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया ये पद भर्ती व पदोन्नति नियम के तहत अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे मंत्रिमंडल ने मण्डी जिले के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए प्रदेश सरकार और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के प्रारूप को भी मंजूरी दी मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार पैकेज देने के लिए मिशन अंतोदय लागू करने पर मुहर लगाई बैठक में आईजीएमसी शिमला टांडा मेडिकल कालेज और मेडिकल कॉलेज नेरचौक में कोकलीयर इम्पलांट सेंटर स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई

केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल राज्यसभा में बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य लोगों को ई सिगरेट के दुष्प्रभाव से बचाना है

विधेयक में ई सिगरेट के निर्माण आयात निर्यात भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध सहित इसके उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं जयराम सरकार लाई नौकरियां ही नौकरियां

दैनिक भास्कर के मुताबिक एसएमसी शिक्षकों की नौकरी पर संकट वहीं अजीत समाचार का कहना है युवाओं के लिये खुला नौकरियों का पिटारा पुलिस स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक़्र के ऐलान को हिमाचल दस्तक ने सुर्खी दी है पुलिस में भर्ती होंगे एक हजार जवान रिटायर होने से तीन महीने पहले मिलेगी प्रमोशन दैनिक जागरण के शब्द है कांस्टेबलों के एक हजार पद भरेंगे

गुड़िया केस में बहाल पुलिस अधिकारी अब चार्जशीट हुए हिमाचल दस्तक की खबर है इस पर अमर उजाला की सुर्खी है बहाल होते ही पुलिस अफसरों पर बैठाई जांच मुख्यमंत्री के बयान को आपका फैसला ने शीर्षक दिया है पंजाब सरकार कर रही इन्वेस्टर मीट की सराहना व प्रदेश कांग्रेस कर रही विरोध